मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राज्य में किशोरी बालिकाओं के लिये योजना नाम से एक योजना की शुरूआत की केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सभी कर्मियों को दिल्ली श्रीनगर दिल्ली और जम्मू श्रीनगर जम्मू सेक्टरों में हवाई यात्रा की पात्रता को दी मंजूरी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में सीट बंटवारे की अपनी अंतिम सूची की घोषणा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने आज दो बडी चुनौतियां हैं दक्षिण कोरिया के सोल में कल योनसेइ विश्वविद्यालय परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और सिद्वांतों में इन समस्याओं का निदान मौजूद है आज मानवजात पूरे विश्व में दो गंभीर संकटों से जूझ रही है एक संकट है आतंकवाद का और दूसरा संकट है क्लाइमेट चेंज का अगर महात्मा गांधी के जीवन को देखें तो इन दोनों समस्याओं का समाधान महात्मा गांधी के जीवन में उनके आदर्सा में और उनके उपदेश में हम खोज सकते हैं इस अवसर पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने कहा कि महात्मा गांधी की एक सौ पचासवी जयंती कोरिया के अहिंसक स्वतंत्रता संग्राम की सौवीं जयंती के साथ मनाई जायेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत अवसरों वाले देश के रूप में तेजी से उभरा है सोल में भारत कोरिया व्यापार संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षो के दौरान विश्वबैंक के सुविघाजनक व्यापार अवसर वाले देशों की सुची में भारत ने पैंसठ स्थानों का सुधार करके सतहत्तरवां स्थान हासिल किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में परिवहन ऊर्जा बंदरगाह और शहरी ढांचागत क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं सोल में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने दक्षिण कोरिया के विकास और भारत के साथ उसके सांस्कृतिक तथा धार्मिक संबंध मजबूत करने में भारतीयों के प्रयासों की सराहना की भारतीय कोरिया में रिसर्च तथा इनोवेशन में योगदान दे रहे हैं भारत में रहकर कोरियाई कंपनियों को आर एंड डी फेसिलिटी प्रदान कर रहे हैं और यहां पर रहने वाले भारतीय कोरिया की आर्थिक समृद्धि के साथ ही यहां की संस्कृति और सामाजिक जीवन में भी बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ गए हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी ने कहा कि दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है

सरकार ने इन किशोरियों की देखभाल के लिये प्रत्येक माह की आठ तारीख को आंगनबाड़ी केन्द्रो पर किशोरी दिवस मनाने का निर्णय लिया है इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्नातक स्तर तक बालिकाओं को शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है और इस मामले में सरकार बहुत संवेदनशील है उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पिछले साल सुपोषण अभियान चलाया गया था जिसकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सराहना की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रान्तीय रक्षा दल के जवानों का दैनिक भत्ता एक सौ पच्चीस रूपये बढ़ाये जाने का ऐलान किया है जवानों को अब ढाई सौ रूपये की जगह प्रतिदिन तीन सौ पचहत्तर रूपये मिलेंगे कल लखनऊ में प्रान्तीय रक्षा दल के सम्मेलन और राज्य स्तरीय स्वामी विवेकानन्द युवा पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि उनकी सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि प्रान्तीय रक्षा दल के जवानों को पूरे वर्ष ड़यूटी मिलें इसके लिए ड्यूटी भत्ते के मद में राशि को तेईस करोड़ रूपये से बढ़ाकर एक सौ पच्चीस करोड़ रूपये कर दिया गया है उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बीस नये मिनी स्टेडियम स्थापित करने के साथ ही केन्द्र सरकार के सहयोग से बाईस जगहों पर मल्टीपर्पज हाल भी तैयार कर रही है गृहमंत्रालय ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सभी कर्मियों को हवाई यात्रा के अधिकार की मंजूरी दे दी है मंत्रालय ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सभी कर्मियो को दिल्ली श्रीनगर श्रीनगर दिल्ली जम्मू श्रीनगर और श्रीनगर जम्मू सेक्टरो में भी हवाई यात्रा के अधिकार की स्वीकृति दे दी है इस फैसले से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कांस्टेबल हैड कांस्टेबल और एएसआई रैंक के लगभग सात लाख अस्सी हजार कर्मियों को फायदा होगा जो अभी तक इस स्विधा के पात्र नहीं थे

कल आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में आकाशवाणी के एफ एम केन्द्र का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि आकाशवाणी लोगों को साफ सुथरा मनोरंजन देने के अलावा बेहतर समाचार और घटनाओं की सटीक समीक्षा भी उपलब्ध कराती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी चौबीस फरवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचारों और सुझावों को साझा करने का आग्रह किया है लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर अपने संदेश भी भेज सकते हैं केन्द्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग तथा गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गड़करी ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये तीन सौ इकतीस किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग और नमामि गंगे परियोजना से जुड़े कई कार्यो का उद्घाटन और शिलान्यास मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर जिलों में किया मुजफ्फरनगर में उन्होंने पांच हजार करोड़ रूपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जिसमें काली और हिन्डन नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिये तीन सौ करोड़ रूपये के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट शामिल हैं केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि सरकार ने देश में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने और इसके आयात का खर्च कम करने पर जोर दिया है नई दिल्ली में श्री प्रधान ने कहा कि देश में तेल और गैस का उत्पादन बढ़ने से इनके आयात पर निर्भरता कम होगी

श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कल नई दिल्ली में कहा कि यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा प्रदेश विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद की कार्यवाही परसों विनियोग विधेयक दो हजार उन्नीस को ध्वनि मत से पारित करने के बाद अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गई इससे पहले सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही भी चालू वित्तीय वर्ष का बजट पारित करने के बाद अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गई थी प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी सीटों की अन्तिम सूची की घोषणा कल कर दी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों पार्टियां राज्य में अस्सी लोकसभा सीटों में से पचहत्तर सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगीं एक रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के खाते में कानपुर इलाहाबाद गाजियाबाद बरेली झांसी फैजाबाद और बलिया शामिल हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदा लोकसभा सीट वाराणसी गृहमंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र लखनऊ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में भी समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी

अमेठी और रायबरेली सीटों पर प्रत्याशियों का एलान नहीं किया गया है वहीं मथुरा बागपत और मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाने की संभावना है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ राष्ट्रीय लोकदल ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन की अफवाहों को बेबुनियाद बताया है रालोद उपाध्यक्ष जयन्त चौधरी ने जारी एक बयान में कहा है कि उनकी पार्टी सपा और बसपा गठबंधन में शामिल होने का फैसला पहले ही कर चुकी है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी द्वारा कल हरदोई के गांधी भवन में ग्रामीण मीडिया कार्यशाला और वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में पांच तहसीलो के विभिन्न क्षेत्रों से आये ग्रामीण पत्रकारों ने भाग लिया